योजना के तहत आज से प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्ड बनाने की प्रकिया शुरू हो जाएगी

विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है इस योजना के तहत पहले सौ दिन में ही लगभग सात लाख लोगों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने एक ट्वीट में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की विश्व की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना से देश में दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के नए नियमों का पालन करना होगा इन नियमों में पुर्नचक्रित प्लास्टिक के प्रयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ये प्रतिबंध पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को अगले स्तर तक ले जाएंगे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकत्तर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं सड़क परियोजनाओं पर गडकरी से मिले जयराम दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में उठाई मांग जबकि आपका फैसला का कहना है केन्द्रीय मंत्री गडकरी के साथ सीएम ने सड़क कनेक्टिविटी के मुद्दों पर की चर्चा हिमाचल में वंदेमातरम से शुरू होंगी कांग्रेस की बैठकें शीर्षक से अमर उजाला लिखता है राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकों में अब राष्ट्रगीत किया अनिवार्य दैनिक जागरण की सुर्खी है वंदे मातरम से शुरू राष्ट्रगान से संपन्न होंगी कांग्रेस की बैठकें दिव्य हिमाचल की एक खबर है बीएड की परीक्षा और महंगी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने फार्म भरने की फीस एक हज़ार रूपए और बढ़ाई इसी पत्र की एक अन्य खबर है कुल्लू की उंची चोटी पर फंसे पालमपुर के छह पर्यटक

मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना अलर्ट दैनिक भास्कर का शीर्षक है आज से तीन दिन तक पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ मैदानों में होगी बारिश

जबकि अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून का शीर्षक है गवर्नमेंट एक्सपैंडस वैनिफिशरीज अंडर हिमकेयर